कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या साढ़े आठ हजार से ज्यादा हो गई है हालांकि अच्छी खबर यह है कि प्रदेश में ज्यादातर मरीज ठीक हो रहे हैं

जिले में कुल मरीजों में से लगभग ग्यारह सौ मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं

इनमें से तीन कोरोना पॉजीटिव पाये गये हैं मुख्यमंत्री समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर अधिकारियों और जिला कलेक्टरों के साथ हालात की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने कल मंत्रालय में विभिन्न जिलों के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महामारी से निपटने और संक्रमित लोगों के इलाज की व्यवस्थाओं संक्रमण रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी ली इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि लॉकडाउन खुलने का मतलब असावधानी नहीं है हर व्यक्ति को पूरी सावधानी रखकर संक्रमण को रोकना है हमें आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी हैं जीवन को सामान्य बनाना है परन्तु पूरी सावधानी एवं सतर्कता के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर देश में सबसे धीमी है और अधिकांष मरीजों ठीक हो रहे हैं प्रदेष में कोरोना के एक्टिव प्रकरणों में भी निरंतर कमी आ रही है वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस डीजीपी विवेक जौहरी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान प्रमुख सचिव संजय शुक्ला मौजूद थे

इससे किसानों को अपनी उपज को बेचने की आजादी होगी और वे अच्छा लाभ ले सकेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की फसलों को बेचने के लिए ई प्लेटफार्म भी बनाया जा रहा है

केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी इससे अनाज दालों तिलहन खाद्य तेलों और प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है इस फैसले से किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सर्कगी और निजी निवेशकों की अनावश्यक नियामक हस्तक्षेप की आशंका दूर होगी राज्यसभा अधिसूचना प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है

राज्यसभा चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने चुनाव तैयारियों की कल समीक्षा की उन्होंने राज्यसभा चुनाव से संबंधित विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर मतदान की तैयारियों के निर्देश दिए

चना समर्थन मूल्य प्रदेश के किसान तिवड़ा मिश्रित चना भी अब समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे इस संबंध में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध को मंजूरी दे दी है

नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त पी नरहरि ने कल यह जानकारी दी

राज्यपाल के सचिव मनोहर द्बे ने कल बताया कि बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी डीआरडीओ पीपीई किट रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने कोविड संक्रमण के बीच बिना पसीने निकालने वाला आरामदायक पीपीई का निर्माण किया है यह पीपीई किट पर्सनल एयर सर्कलेषन सिस्टम से लैस है डीआरडीओ ने यह काम सुमेरू पीएसीएस उपकरण के विकास के साथ किया है

मौसम अरब सागर में उठे चकवाती तूफान निसर्ग के प्रभाव से राजधानी भोपाल सहित प्रदेष के अधिकांष हिस्सों में कल षाम से ही रूक रूक कर बारिष का दौर जारी है कटनी मंडला सिवनी में भी कल रात से ही बारिष हो रही है इंदौर और उसके आसपास के जिलों में देर रात से तेज हवाओं के साथ ब्रंदाबांदी हई इंदौर जिला प्रषासन ने आज दिन में तेज हवा और बारिश की आशंका के मद्देनजर नागरिकों से एहतियात के तौर पर अपने घरों में ही रहने की अपील की है

मौसम केन्द्र भोपाल ने आज रायसेन सीहोर होशंगाबाद बैतूल खंडवा खरगोन झाबुआ धार देवास छिन्दवाड़ा सागर टीकमगढ़ और शाजापुर जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई है

जिनमें से एक की मौत हो गयी